श्री जेटली आज नई दिल्ली में सार्वजनिक खरीद और प्रतियोगिता कानून के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री जेटली ने कहा कि विभिन्न बाजार संचालक होने से उपमोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था का विस्तार होने से नियामक की भूमिका भी बढ़ेगी

एक दवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि देश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में भरोसेमंद परमाणु प्रतिरोध व्यवस्था नितांत आवश्यक है और आईएनएस अरिहन्त परमाणु ब्लैकमेल करने वालों के लिए मुंहतोड़ जवाब है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व शांति और स्थिरता को मजबूत बनाना है

आयोग ने राजस्थान सहित जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके पडौसी राज्यों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और पडौसी राज्यों को चुनाव के मदेदेजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए बैठक में राज्य के मुख्य सचिव डीबीगुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार तथा पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया निर्वाचन आयोग का एक दल आने वाले दिनों प्रदेश के दौरा करेगा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने बताया कि यह दल विभिन्न जिलों में जाकर मतदाताओं के लिए मुहैया कराई जाने वाली सुविघाओं और तैयारियों का जायजा लेगा

श्री मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस यह झूठ भी फैला रही है कि इस डील से किसी एक विशेष कंपनी को फायदा हो रहा है उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सौदे में एक नहीं बल्कि कृष्ठ और कंपनियां भी ऑफसेट पार्टनर है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस सौदे से बिचौलियों को बाहर किया और यह सौदा दो सरकारों के बीच हुआ है

दोनों ही पार्टियां दीवाली के बाद अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी मारतीय जनता पार्टी के सभी बडे नेताओं ने आज जयपुर में उम्मीदवारों को लेकर फिर मंथन किया इस दौरान बगरू से आये भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक स्थल के बाहर वर्तमान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है और आम सहमती बनती जा रही है

विभाग द्वारा स्वीप कार्यकम के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करन का अभियान चलाया जा रहा है जिले की चार विधानसभा सीटों में मतदान केलिए एक हजार से ज्यादा मतदान केनद्र बनाए गए हैं

जिलों में चूनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है तथा मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए पुलिस बलों द्वारा फ़्लैगमार्च किया जा रहा है इसी कम में आज नागौर जिले के मूंडवा में पुलिस और सेना के जवानों की ओर से फलैग मार्च किया गया

इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि केंद्र आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य भारतीय प्रणालियों को प्रोत्साहन दे रहा है आयुर्वेद दिवस धनवंतरि जयंती पर लोगों को आयुर्वेद के फायदों की जानकारी देने और आयुर्वेदिक जीवन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस पर राजधानी जयपुर में आज राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया धनवन्तरी जयंती पर भरतपुर में कई आयोजन हुए और आयुर्वेद विमाग द्वारा धनवन्तरी भगवान की पूजा की गई इस अवसर पर नागौर जिले के उेह गांव के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में योगाभ्यास कराया गया और करीब ढाई सौ लोगों को क्वाथ पिलाया गया झालावाड़ जिले में धनवंतरी जयंती पर अनेक कार्यकम आयोजित किए गए बांसवाड़ा में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में योगाभ्यास कराया गया

इस दिन भगवान कुबेर और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है धनतेरस के अवसर पर लोग श्म मुहूर्त के अनुसार सोना चांदी बर्तन वाहन और कपडे सहित अन्य वस्तुओं की खरीददारी करते हैं

बीकानेर में मुख्य बाजार केईएम रोड बडा बाजार की दुकानों के अलावा सडक और फुटपाथ पर अस्थायी दुकानों परभी जबरदस्त भीड उमड रही है

नागौर जिले के मेड़ता रोड में आज मातेश्वरी तालाब पर दीपदान किया जाएगा तालाब के चारों और किनारों पर कस्बे के लोग हजारों दीपक जलाकर राशेनी करेंगे बूंदी के रघुनाथजी मंदिर और लक्ष्मी माता मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है दीपोत्सव के तहत कल रूप चौदस और इसके बाद दीपावली का पर्व मनाया जायेगा दीपावली के बाद गोवर्घन और भाईदूज के पर्व प्रदेशवासी परम्परागत रूप से मनायेंगे

थार मरुस्थल में उत्तरी दिशा से चल रही ठण्डी हवा के झौंकों ने लोगों को इस सीजन में पहली बार सर्दी का अहसास कराया

दिन का तापमान लुढ़क गया है जिससे कई जगह पंखें बंद करने की स्थिति आ गई है

विभाग ने कहा है कि अगर हवा की दिशा उत्तरी बनी रहती है तो तापमान और नीचे आएगा